उज्जैन के जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले की सीमा से लगी राजस्थान बार्डर पर नाकेबंदी की गयी है साथ ही झालावाड जिले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के साथ बैठक की जा चुकी है उन्हेांने बताया कि जिले के शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिये गये है शस्त्रधारकों से कहा कि वे अपने लायसेंस संबंधित जानकारियां थानों में जमा करवाये हमारे आगरमाालवा संवाददाता ने बताया कि जिले के दो स्थानों चंवली और बडौद से लगने वाली राजस्थान की दो सीमाओं पर नाकेबंदी की जायेगी वहीं छिंदवाडा के जिला निर्वाचन अधिकारी वेदप्रकाश ने बताया कि जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के अतर्गत एक हजार नौ सौ तीस मतदान केन्द्र बनाये गये है उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधित मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिये सी विजिल मोबाईल एप बनाया गया है जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान नकदी बांटने वालों पर आयोग की नजर रहेगी शाह दौरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को शिवपुरी आयेंगे वे यहां भाजपा के संभागीय पालक संयोजक सम्मेलन में भाग लेंगे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर रावत ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष के आगमन को लेकर सभी तैयारियां जारी है सत्याग्रही एकता परिषद के संयोजक पीवीराजगोपालन ने कहा कि जलजंगल और जमीन की मांगों को लेकर निकाली गयी पदयात्रा स्थगित कर दी गयी है उन्होंने बताया कि मुरैना में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने उनसे भेंट करके उन्हें अपना समर्थन देने को कहा है वहीं इसके पहले ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कोन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने जलजंगल और जमीन से जूडी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है इस लिये पदयात्रा स्थगित कर दी गयी है

पुलिस के अनुसार खटघाट मार्ग पर एक ग्लूकोस फैक्टरी की बस और ट्रक में टक्कर हो जाने के चलते ये दुर्घटना हुई सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है पित्रमोक्ष पितृमोक्ष अमावस्या पर श्रद्दालु बडी संख्या में होशंगाबाद के नर्मदा तटों और घाटों पर आना शुरू हो गया है ये श्रद्वालु सोमवार को नर्मदा में स्नान करेंगे और पितरों का तर्पण किया जायेगा अमावस्या मंगलवार को भी मनाई जायेगी बडी संख्या में श्रद्वालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासनपुलिस और नगरपालिका ने नर्मदा के घाटों पर व्यवस्थाएं चुस्त और दुरूस्त करना शुरू कर दिया है

पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव ने बताया कि प्रदेश में पृथक पर्यटन कैबिनेट जल महोत्सव हनुवंतिया का आयोजनसिटी ऑफ फैस्टिवल और विद्यार्थियों के लिये पर्यटन क्विज सहित कई नवाचार किये गये है

यहां सफल प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा